बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी मुख्यमंत्री ने ऑल वेदर रोड के कार्यो का किया स्थलीय निरीक्षण सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम करने के दिए निर्देश

बजट सत्र राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से भराड़ीसैंण में शुरु होगा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा

वहीं प्रदेश की चौथी विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत सभी मंत्री और अधिकांश विधायक भी गैरसैंण पहंच चुके हैं बजट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा दूसरे दिन सदन के समक्ष रखे जाने वाले सभी पत्रावालियों और अध्यादेशों को पटल पर रखा जाएगा

निरीक्षण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक नई पहल शुरू की है वह राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राज्य बनने के बाद पहली बार सड़क मार्ग से गैरसैंण पहंचे इस दौरान उन्होंने ऑल वैदर रोड का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से भी सीधा संवाद किया इससे पहले उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल को चौरास से जोड़ने वाले पुल का श्भारंभ भी किया गैरसैंण पहंचने से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जाना उन्होंने ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक नीरगढ़ साकणीधार मुल्यागांव में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को इन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने ऑल वेदर रोड़ कार्यो पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसके बन जाने से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं को सुविधा मिलेगी साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा रोड निर्माण से स्थानीय लोग भी खासे उत्साहित और खुश हैं लोकसभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को कम करने की योजना को पूरी तरह अपनाना या इसके साथ सामंजस्य बिठाना राज्यों पर निर्भर करता है लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कृशवाहा ने आज यह जानकारी दी उन्होंने कहा यह संबंधित राज्यों पर निर्भर करता है कि वे एनसीईआरटी के आदर्श पाठ्यक्रम और पुस्तकों को अपनाएं या इसके साथ सामंजस्य बिठाएं गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्रों पर बोझ कम करने के मकसद से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को कम करने के संदर्भ में कई संबंधित पक्षों से सुझाव की मांग कर रहा है भ स्खलन बागेश्वर जिले के भूस्खलन से प्रभावित कुवांरी गांव में पहाड़ी से रूक रूककर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी ने बताया कि कि आज एसडीआरएफ की टीम और भू वैज्ञानिक प्रभावित गांव के लिए ड्रोन कैमरे के साथ रवाना हो चुके है इसकी मदद से क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा उन्होंने बताया कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नेजर बनाए हुए है कूड़ा प्रबंधन गंगोत्री धाम में यात्राकाल के दौरान जमा होने वाले कूड़े की समस्या से निजात पाने के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया है धाम में जैविक और अजैविक कुड़े के लिए अलग अलग कूड़ेदान लगाने के साथ ही कूड़े के शीघ्र निस्तारण की भी व्यवस्था की गई हैं चारधाम यात्रा में अब कुछ ही समय बचा है इसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं धाम में यात्राकाल के दौरान बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा होता है निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण कूड़ा गंगा नदी में चला जाता है जिससे प्रद्षण होता है इससे बचने के लिए गंगोत्री में पहली बार जैविक अजैविक कूड़े के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है कूड़ा निस्तारण के लिए ओएनजीसी द्वारा हाईड्रोलिक ट्रक दिए गए हैं जिनकी मदद से कूड़े को निस्तारण के लिए सीधे उत्तरकाशी के ट्रंचिंग ग्राउंड में पहुंचाया जाएगा

राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म विकास निगम और भारत सरकार को एजेंन्सी एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन हआ है देहरादून में संवाददाताओं को जानकारी देते हए वन एव पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि कण्डी मार्ग निर्माण उत्तराखण्ड के विकास पर्यटन और लोगों के रोजगार के नजरिये से जीवन रेखा साबित होगा इससे आवागमन की दूरी कम होगी और उत्तर प्रदेश से गुजरने के दौरान लगने वाले कर में भी कमी आएगी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश रूट से गाड़ियां कम चलने व दूरी कम समय में तय होने से पर्यावरण संरक्षित रहेगा और देहरादून से कुमाऊं का सीधा सम्पर्क भी हो सकेगा श्री रावत ने बताया कि इस परियोजना पर लगभग दो हजार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और इसे हरहाल में दो वर्षो में पूरा कर लिया जाएगा मौसम बारिश और बर्फबारी में कमी के चलते प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बने रहने के कारण दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम साफ बना रहेगा इसके चलते तापमान में और वृद्वि हो सकती है विभाग का मानना है कि अगले दो तीन दिनों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों का तापंमान सामान्य से अधिक बना रहेगा विभाग ने तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने का पूर्वानुमान जताया है इस बीच आज प्रदेश भर में मौसम सामान्य बना रहा मैदानी इलाकों में धूप खिली होने के चलते दोपहर में गर्मी का असर देखने को मिला वहीं पर्वतीय क्षेत्रो में भी अब दोपहर के समय गर्माहट महसूस होने लगी है जन सहयोग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि रिस्पना नदी के प्नर्जीवीकरण के लिए जनता का सहयोग लिया जाएगा उन्होंने रिस्पना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए मिशन मोड़ पर काम करने को कहा देहराद्न में रिस्पना के पुनरोद्वार के संबंध में हई बैठक में श्री रावत ने कहा कि रिस्पना को पुर्नजीवित करने के लिए आम जनंता का सहयोग महत्वपूर्ण है उन्होंने अधिकारियों को रिस्पना के उंदगम से संगम तक ट्रेंचेंज का कार्य एक दिन में पूरा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी पर वृक्षारोपण एवं सफाई के काम के लिए जन सहयोग की जरूरत बताई उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का काम जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में एक ही दिन में पूरा किया जाएगा नदी के पुर्नजीविकरण के लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेने के लिए एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश भी दिए पब्लिक स्पीक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है तपेदिक के बारे में जानकारी और उपचार यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

चैत्र नवरात्र चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज प्रदेश के मंदिरों में श्रद्दालुओं की भीड़ उमड़ी रही सुबह से ही लोग पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचने लगे नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की प्रजा अर्चना की गई ऋषिकेश में दर्गा शक्ति मन्दिर त्रिवेणी घाट स्थित मां दर्गा मन्दिर व अन्य मंदिरों में श्रद्दालुओं का तांता लगा रहा इस दौरान मंदिर शंखनाद एवं जयकारों से गुंजायमान रहे प्रदेश के अन्य स्थानों में भी आज नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्दालुओं की भारी भीड़ पहुंचने के समाचार प्राप्त हुए हैं जन जागरुकता चमोली जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिये जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान दूर दराज क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हो रहा है अभियान के जरिए लोगों को शिश टीकाकरण बच्चों में जन्मांतर और एचआईवी से बचने की जानकारी दी जा रही है रंगकर्मियों का कहना है कि वे योजनाओं की जानकारी स्थानीय बोली भाषा में देने का भी प्रयास कर रहे हैं जिससे गांव के लोग योजनाओं के बारे में आसानी से जान सकें

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान करने को कहा